चम्बा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान जयराम ठाक्र मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना का शुभारंभ भी करेंगे इस बीच कल सम्पन्न हुए अंतराष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में भी मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की आज बाद दोपहर मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है

इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है

आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा आधार की छवि धूमिल करने के प्रयासों की निंदा की है प्राधिकरण ने कहा है कि स्वार्थी तत्व गूगल की गलती के नाम पर आधार के बारे में अफवाहें और आशंकाएं फैला रहे हैं प्राधिकरण ने ये भी कहा है कि सम्पर्क सूची में दर्ज संख्या से मोबाइल फोन का डाटा नहीं चु्राया जा सकता है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में हो रही वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है भारी वर्षा से शिमला सहित कांगड़ा मंडी व चम्बा जिलों में व्यापक असर पड़ा है मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है जबकि आज और कल राज्य के निचले और मध्य क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर अखबारों ने चम्बा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह और मौसम को अपनी प्रमुख खबर बनाया है मिंजर मेले पर दिव्य हिमाचल व दैनिक जागरण की एक जैसी सुर्खी है मुख्यमंत्री ने रावी में प्रवाहित की मिंजर पंजाब केसरी के शब्द हैं रावी में मिंजर प्रवाहित करने के साथ ऐतिहासिक मिंजर मेला सम्पन्न आपका फैसला व दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है रावी में मिंजर विसर्जन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मेले का समापन जबकि अजीत समाचार लिखता है अमिट यादें छोड़ गया मेला मिंजर

दैनिक जागरण के शब्द हैं चार ज़िलों में बारिश भूस्खलन ने रोकी रफ्तार कांगड़ा शिमला मंडी व चम्बा जिलों में जनजीवन पर व्यापक असर भारी नुकसान पंजाब केसरी का शीर्षक है एक सप्ताह तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला आज व कल भारी बारिश की चेतावनी छात्राओं को मिलेंगे सेनेटरी नैपकिन स्कूलों में लगाई जाएंगी वेंडिंग मशीनें शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है प्राईमरी स्कूलों को छोड़कर प्रदेश के सभी स्कूलों में अगले महीने से शुरू होगी योजना

दिव्य हिमाचल की एक खबर है पौंग विस्थापितों को कैश देने पर राजस्थान का ठेंगा आपका फैसला लिखता है कुफरी चिड़िया घर में तैयार होगा थ्री डी रंगमंच प्रदेश जू एंड कंजरवेशन ब्रिडिंग सोसायटी की बैठक में लिया निर्णय अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय अश्विनी के बहाने में लिखता है कि शिमला व सोलन जिलों की प्यास बुझाने वाली अश्विनी खड्ड के पानी का प्रदूषित होना शासन प्रशासन के दावे पर सवाल उठाने के लिये काफी है दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान पर अपने विचार व्यक्त किये हैं शीर्षक है शिमला मनाली में हॉर्न नहीं